उन्होंने कृषि सुधार कानून को लेकर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया

पहले चरण में विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं तथा कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेंगी

और बर्फीली हवा के कारण प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मध्यप्रदेश में आयोजित किसान महा सम्मेलन में पचास लाख से अधिक किसानों को वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि हाल के कृषि सुधारों के बारे में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती उन्होंने कहा कि मंडिया बंद नहीं होगी और एमएसपी की व्यवस्था समाप्त नहीं की जायेगी

सभी संगठनों ने इस पर विमर्श किया है देश के किसानों के संगठन आज कृषि एक्स्पर्टस कृषि अर्थशास्त्री कृषि वैज्ञानिक हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आये हैं सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिये जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें कर के किसानों के वोट बटोरते रहे लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गये वादों को भी पूरा नहीं किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल शुरू किया तो विपक्ष किसानों में भ्रम और भय फैला रहा है

मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया मोदी को इसका क्रैडिट कैसे मिल गया है मैं सभी राजनैतिक दलों को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं आप सारा क्रैडिट अपने पास रख लीजिये आपके सारे पुराने घोषणपत्रों को ही मैं क्रैडिट देता हूं मुझे क्रैडिट नहीं चाहिये मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिये समृद्धि चाहिये श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां यह कहकर किसानों को गुमराह कर रही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बडा झूठ और कुछ नहीं हो सकता श्री मोदी ने कहा कि एनडीए के शासन में न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढोतरी की गई है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे नये कृषि कानून के बारे में किये जा रहे दुष्प्रचार से भ्रमित न हों कृषि मंत्री ने किसानों से इन कानूनों के तथ्यों को समझने और बातचीत करने का आग्रह किया श्री तोमर ने कहा कि कई राजनीतिक दल किसानों को फसल बेचने के लिए स्वतंत्र बाजार देने की बात करते रहे हैं और मोदी सरकार ने यही किया है साउंड बाईट किसान को उसके उत्पादन को कहीं से भी कहीं भी मनचाही कीमत पर बिना किसी टैक्स के लगाए बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है इसमें किसान को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है टैक्स नहीं होगा फ्री ट्रेड होगा मुक्त बाजार होगा तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कक्षा नौ से ऊपर वर्ग के लिए सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को चार जनवरी से खोलने का फैसला किया है चार जनवरी से ही कॉलेज भी खूल जायेंगे यह निर्णय राज्य सरकार के आपात प्रबंधन समूह ने लिया है शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा है कि यदि सब कुछ अच्छा रहा तो निचली कक्षाओं को अठारह जनवरी से खोलने के लिए चरणबद्द तरीके से अनुमति दी जाएगी श्री कुमार ने कहा कि सभी निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की कोविड उन्नीस दिशा निर्देशों का पालन करने और अपने परिसर को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी होगी सभी स्कूलों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र को दो दो फेस मास्क मुफ्त प्रदान किए जाएंगे गौरतलब है कि प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल तथा कोचिंग संस्थान कोविड उन्नीस के कारण पंद्रह मार्च से बंद थे कोविड उन्नीस का टीका लेना लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो व्यक्ति चाहेंगे उन्हें ही टीका लगाया जायेगा मंत्रालय के अनुसार कोविड उन्नीस से संक्रमित हो चुके लोगों को भी कोरोना वायरस के टीके की पूरी खुराक लेने की सलाह दी गई है देश में अभी छह टीकों पर परीक्षण चल रहा है टीका लेने के लिये पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर कोरोना का टीका लगाया जायेगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना के जो संवेदनशील समूह हैं उन सबों के लिये टीकाकरण की व्यवस्था पहले की जाए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को टीके के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था रखने का निर्देश दिया श्री कुमार ने कहा कि राज्य में जब तक टीकाकरण का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक कोरोना की जांच जारी रहेगी इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख उनतालीस हजार पांच सौ अड़तीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ इक्यासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में पांच सौ पैंतीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंतालीस हजार नौ सौ तैंतीस हो गयी है सबसे अधिक पटना से एक सौ उनासी नये मामलों की पृष्टि हुई एक दिन में चार लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ इकतालीस हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार तिरपन है देश में कोविड उन्नीस महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानवे दशमलव चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकतीस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अब तक पंचानवे लाख बीस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं उपचार करा रहे मरीजों की संख्या केवल तीन दशमलव एक चार प्रतिशत रह गई है इस समय लगभग तीन लाख तेरह हजार मरीजों का इलाज चल रहा है राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड और कनकनी में तेजी से बढोतरी हुई है जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है बर्फीली हवा से पटना में कोल्ड डे जैसे हालात बन गये हैं राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान तीन से छह डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और कमी आयेगी मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि पछुआ हवा में नमी है जिसके कारण ठंड और कनकनी की स्थिति बनी हुई है कल चार डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ जमुई प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं मुंगेर और डिहरी में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ओवरलोडेड वाहनों के चालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पच्चीस टोल प्लाजाओं पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है जो वहां लगे मापतौल मशीन पर वाहनों के भार की जांच करेंगे बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिये पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कल नौ अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है केंद्रीय चयन पर्षद के सीनियर डीएसपी कमलकांत प्रसाद ने बताया कि अब तक दो सॉल्वर समेत दो सौ दस अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा नौ से अठारह जनवरी तक होगी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि छात्रों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है उन्होंने कहा कि प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित सभी सामग्री जिला शिक्षा कार्यालयों में चौबीस दिसंबर तक भेज दी जायेगी

निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार इस डेढ़ करोड़ के सोना को म्यांमार से लाया गया था जिसे जयपुर ले जाने का प्रयास तस्कर कर रहे थे बरौनी रिफाईनरी कॉरपोरेट पर्यावरण दायित्व के तहत बेगूसराय जिले के किसानों के लिये बछवाड़ा क्षेत्र में पचास बायो गैस संयंत्र की स्थापना करेगी रिफाईनरी की कार्यपालक निदेशक शुक्ला मिस्त्री ने बताया कि इसके लिये बरौनी डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने दरभंगा जिले के बिरौल में आर्सेनिक से प्रभावित बरही पंचायत में इसके निदान के लिये लगाये गये प्लांट को शुरू करने का निर्देश दिया है श्री पासवान ने अधिकारियों से इस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को कहा है राज्य में तेईस से छब्बीस दिसंबर के बीच डेढ़ करोड़ बच्चों को विटामिन ए की दवा दी जायेगी राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एन के सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को दवा देंगे मुजफ्फरपुर जिले में चल रही बिहार जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर ट्वेंटी बालिका वर्ग में पटना की शताक्षी ने सौ मीटर की दौड़ मे स्वर्ण पदक जीता है जबकि लखीसराय की अन्वेषा कुमारी ने रजत और भागलपुर की श्रवण कुमारी ने कांस्य पदक जीता है प्रतियोगिता में अड़तीस जिलों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन बिहार टीम के लिये किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने चार जनवरी से प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोले जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है स्कूल कॉलेज और कोचिंग चार से खुलेंगे सरकारी स्कूलों में बच्चों को दो दो मास्क मुफ्त दैनिक जागरण लिखता है मानक पूरा नहीं करने वाले बीएड कॉलेजों पर लगेगा ताला प्रभात खबर ने शिक्षक नियोजन जांच को प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबार लिखता है फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर एक हजार अंठानवे से अधिक प्राथमिकी दैनिक भास्कर ने पटना उच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है राज्य के नागरिकों की बदहाली क्या सरकार मेयर और पार्षदों को सूट करती है आज अखबार ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर शीर्षक दिया है रेल सेवा सामान्य होने में अभी समय लगेगा

उन्होंने कृषि सुधार कानून को लेकर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया

पहले चरण में विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं तथा कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेंगी

और बर्फीली हवा के कारण प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी